राज्य स्तरीय समारोह जयपूर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ध्वजारोहण करेंगी प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी में मंत्रिपरिषद के कई सदस्य ध्वज फहरायेंगे राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों लोक कलाकारों आर्टीजन्स खिलाड़ियों समाज सेवी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सम्मानित किया जायेगा

राष्ट्रपति का यह संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जायेगा

सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से भी इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में प्रदेशभर में आज कई कार्यकम हुए अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेना की ओर से लगायी गयी प्रदर्शनी का उद्घाटन ब्रिगेडियर आई एस लांबा ने किया इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से सेना में प्रयोग होने वाले हथियारों और तोपों और संचार उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाही शरीफुद्दीन गनई और हैड कॉस्टेबल मोहम्मद तफैल को वीरता के लिए मरणोपरात राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा

इसमें करीब पांच लाख लोगों ने भाग लिया हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इंस दौरान सैंकड़ों जगह देशभक्ति के गीत गाये गए और लोक संगीत तथा नृत्य के कार्यकम हुए उत्साही लोग जब इस कार्यकम के लिए एकत्र हुए तो हर जगह देशभक्ति के उत्सव का नजारा था चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि वीवीपैट की शत प्रतिशत व्यवस्था करना और अन्य इंतजाम करना मुश्किल होगा इसके अलावा एक साथ दोनों चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को बढाना या घटाना होगा जिसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो तो आयोग वहां चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है

कर्नल राठौड़ आज आकाशवाणी जयपुर के सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रदेश की जनता से रूबरू हो रहे थे

केन्द्र सरकार की फ़्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देते हुए कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत साढे चार लाख करोड रूपए के ऋण वितरित किए गए हैं

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने आज ही जयपुर जिले के चंदवाजी कस्बे में प्रताप यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत आयोजित सीएससी कार्यशाला को भी संबोधित किया